भूमिप्जन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि प्रजन कार्यक्रम में भाग लेंगे वे आधारशिला रखे जाने की प्रतीक पट्टिका का अनावरण करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे

श्री मोदी पहले श्रीहनुमानगढी मंदिर के दर्शन करेंगे फिर वे श्रीराम जन्मभूमि में रामलला की पूजा करेंगे इसके बाद भूमि पूजन का विधान सम्पन्न किया जाएगा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विश्व के राम भक्तों से इस पावन अवसर पर सभी गांव और शहरों में भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन करने की अपील की है कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक ऐहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया गया है भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा

जहां एक तरफ राम जन्म भूमि अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं तो वही मध्यप्रदेश में भी बुंदेलखंड कि अयोध्या के नाम से जाने जाना वाला रामराजा सरकार का मंदिर ओरछा में भी भव्य तैयारियां की गई हैं

अब तक कोरोना से पांच लोगों की मौत हो चुकी है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वेबीनार का शुभारंभ करेंगे नीति आयोग के निर्देशन में होने वाले इस वेबीनार में अधोसंरचना रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा अर्थव्यवस्था और सुशासन के संबंध में विषय विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारी अर्थशास्त्री अपने सुझाव देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वेबीनार के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक वेबीनार में युवाओं को भी जोड़ा जाए इसके साथ ही कलेक्टर्स कमिश्नर जैसे मैदानी अधिकारी और राजधानी में पदस्थ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मंत्रीगण अपने अनुभवों से व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करें तैयार रोड मैप से आम जनता को अवगत करवाया जाएगा आगामी तीन वर्ष में रोड मैप का क्रियान्वयन किया जाएगा भोपाल गाइडलाइन राजधानी भोपाल में पिछले दस दिनों से जारी लॉकाडाउन कल खत्म होने के बाद जिला कलेक्टर ने नए दिषा निर्देष जारी किए हैं

शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा बाकी पांच दिन दुकाने और बाजार खुलेंगे वहीं कंटेनमेंट क्षेत्रों से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान समस्त सिनेमा हॉल होटल रेस्टोरेंट जिम्नेशियम स्विमिंग प्रल पार्क बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल बंद रहेंगे जिले में समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल शैक्षणिक धार्मिक मनोरंजन समारोह पर प्रतिबंधित रहेंगे लालवानी राम मंदिर के भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कल दीपोत्सव का आयोजन किया श्री लालवानी ने बताया कि षहर के प्रमुख मंदिरों में विषेष साज सज्जा की गई है श्री लालवानी ने सभी नागरिकों से रंगोली बेनाने और षाम को दीपोत्सव मनाने की अपील की है मौसम राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश कल से रूक रूक कर बारिष हो रही है भोपाल में रात से ही बारिष हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान जबलपुर षहडोल होषंगाबाद इंदौर और उज्जैन संभागों के सभी जिलों में बारिष दर्ज की गई मौसम केंद्र के अनुसार तेंद्रखेड़ा में नौ हाट पिपल्या बड़वाह में सात सात नरसिंहगढ़ में छह सतना सोहागपूर सोनकच्छ में अठनेर में पांच पांच सेंटीमीटर बारिष दर्ज की गई मौसम केंद्र ने आज प्रदेष के कई भागों में तेज बारिष की संभावना जताई है

इस दौरान रथयात्रा के जरिए लोगों को मास्क वितरण करने के साथ ही इसके महत्व की जानकारी दी गई